और समस्तीपुर सहरसा रेलखंड पर मेमू ट्रेनों का शुरू होगा परिचालन

दो हजार तेरह में पटना के गांधी मैदान और बोधगया में बम विस्फोट की साजिश रचने और आतंकियों को रायपुर में पनाह देने के आरोप में अजहर उद्दीन खान उर्फ अजहर उर्फ केमिकल को छत्तीसगढ़ एटीएस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है रायपुर एसएसपी आरिफ शेख ने बताया कि वह पिछले छह साल से साउदी अरब में नाम बदल कर टैक्सी चला रहा था भारत वापसी में फ्लाईट से हैदराबाद उतरते ही उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया अजहर प्रतिबंधित संगठन सिमी का प्रचार प्रसार संगठन की मीटिंग का आयोजन और जरूरी सामान मुहैया कराने का काम करता था एसएसपी ने बताया कि वह बोधगया और पटना ब्लास्ट के आरोपियों को रायपूर में छिपाने के साथ लाने और ले जाने का काम किया था रायपूर में सिमी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद वह देश छोड़कर फरार हो गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद और नक्सली हिंसा से बड़ा मानवाधिकार का उल्लघंन नहीं हो सकता उन्होंने कहा कि चालीस हजार से भी अधिक लोगों ने कश्मीर में आतंकवाद के कारण अपनी जान गंवाई हैं जो मानवाधिकार हनन का सबसे बड़ा उदाहरण है नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि भारत में संविधान सर्वोच्च है और सरकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों का संरक्षण करेगी बाईट अमित शाह भारत का संविधान हम सबके लिए सर्वोच्च है और संविधान के अन्दर जो अधिकार सव नागरिक को मिले हैं इसकी रक्षा करना हमारा काम है व्यवस्था का काम है सरकार का काम है मानव अधिकार आयोग जैसे संगठनों का संस्थाओं का काम है श्री शाह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने मानवाधिकारों की लड़ाई एक अलग तरीके से लड़ी और उसमें सफलता भी हासिल की उन्होंने कहा कि हिरासत में होने वाली मौतों और पुलिस के अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अर्थव्यवस्था के कमजोर होने के आरोपों को निराधार बताया है मुम्बई में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आर्थिक विकास के सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है देश में मोबाईल मेट्रो और सड़कें बन रही हैं इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है श्री प्रसाद ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था का आधारभूत ढांचा मजबूत है और मंहगाई दर नियंत्रण में है राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा के सत्रह अधिकारियों का तबादला कर दिया है ए के पाण्डेय को प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास बनाया गया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार प्रभात कुमार गुप्ता को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि व्यक्तित्व के विकास में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महत्वपूर्ण होती है पटना जिले के धनरूआ में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि तेजी से बदल रही दुनिया में तकनीकी शिक्षा की उपयोगिता बढ़ती जा रही है इसी कार्यक्रम में सूचना और जन संपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है प्रदेश में दो हजार चौंसठ दारोगा परिचारी सहायक जेल अधीक्षक पदों पर भर्ती के लिये बाईस दिसम्बर को प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी बिहार प्रलिस अवर सेवा आयोग के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन पदों के लिये पांच लाख से अधिक आवेदन आये हैं प्रारंभिक परीक्षा मे ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रछे जायेंगे अभ्यर्थियों को दो घंटे में दो सौ अंकों के प्रश्न को हल करना होगा रेलवे समस्तीपुर सहरसा रेलखंड पर मेमू ट्रेनों का परिचालन शुरू करने शुरू करेगा प्राप्त जानकारी के अनुसार जल्द ही मेमू रैक को समस्तीपूर जंक्शन को उपलब्ध करा दिया जायेगा इससे यात्रियों का समय बचेगा और सफर भी आसान हो जायेगा उधर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से धनबाद तक एक सौ तीस किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाकर पूर्व रेलवे ने स्पीड परीक्षण का ट्रायल किया इसके बाद इस रूट पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया इस बीच कटिहार चंपारण हमसफर एक्सप्रेस में ऐसी कोच के अलावा जल्द ही स्लीपर कोच को जोड़ा जायेगा पूर्व मध्य रेलवे ने इसकी सहमति दे दी है प्रदेश के बिजली उपभोक्ता बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायत और समस्याओं को सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं इसके लिये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपना अपना फेसबुक और ट्वीटर अकाउंट बनायेंगी इस अकाउंट के साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय जुड़ा रहेगा प्राप्त जानकारी के अनुसार उपभोक्ता इन अकाउंटों पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसके निराकरण की स्थिति से अपडेट बने रह सकते हैं केंद्र सरकार ने हाल ही में इस संबंध में सुझाव दिया था इसके बाद राज्य सरकार ने पहल की है प्रदेश में कला और संस्कृति की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये सभी जिलों में कला संस्कृति अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे इसके लिये जिला मुख्यालयों में कार्यालय खोले जायेंगे मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी इससे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी राजधानी पटना में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुये जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है पटना के प्रमंडीय आयुक्त आनंद किशोर ने लोगों से मिली शिकायतों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम के कार्यों में तेजी लायी जाय उन्होंने कहा कि कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने बाढ़ और सुखाड़ वाले क्षेत्रों में किसानों की मालगुजारी माफ करने की मांग की है उन्होंने पटना में कहा कि इससे किसानों को राहत मिलेगी जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने अवैध बालू लदे चार ट्रैक्टर को जब्त किया है सीवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में हसनपुरा बार्डर गांव के पास से पुलिस ने वाहन लुटेरा गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के बद्आ डैम के पास से पूलिस ने एक नक्सली रवि चौधरी को गिरफ्तार किया है उसके पास से देसी पिस्तौल कारतूस वाहन समेत अन्य सामान मिले हैं ओडिशा के कटक में खेली जा रही विजय मर्चेन्ट अंडर सिक्सटीन क्रिकेट ट्रॉफी मुकाबले में बिहार ने पहली पारी के आधार पर ओडिशा पर बावन रनों की बढ़त हासिल कर ली है आदित्य अनिल राज ने दोनों पारियों में चार चार विकेट लिये इधर जयपूर में खेले गये विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी के एक मुकाबले में राजस्थान ने बिहार को एक सौ उनसठ रनों से पराजित किया आरा में खेली जा रही राज्य स्तरीय विद्यालय ताइक्वांडों प्रतियोगिता में शेखपुरा की वैष्णवी और ख़ुशी कुमारी मुंगेर की सोनम कुमारी पटना की मुस्कान और संजना कुमारी ने अलग अलग भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच हुयी वार्ता को सचित्र प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है सीमा विवाद का सर्वमान्य हल निकालेंगे इसी खबर का दैनिक जागरण ने शीर्षक लगाया है मतभेदों को नहीं बनने देंगे विवाद प्रभात खबर की विशेष खबर की सुर्खी है पटना में आठ क्षेत्रों से निकलेगा पानी खर्च होंगे पांच सौ करोड़ रूपये दैनिक भास्कर ने मुख्य सचिव दीपक कुमार के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है पटना में कई दिनों तक जलजमाव बड़ी चूक दोषी नपेंगे

और समस्तीपुर सहरसा रेलखंड पर मेमू ट्रेनों का शुरू होगा परिचालन